प्रदेश में डेंगू से मौत का सिलसिल जारी दो और की गयी जान

एक सौ सड़सठ नामजद और तीन सौ पचास अज्ञात बनाये गये आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व स्वास्थ्य सचिव और पटना के पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के खिलाफ एक करोड़ छिहत्तर लाख रूपये से अधिक के मनी लाँड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया है ईडी ने इसके साथ ही उनके भाई राजेंद्र कुमार सीए नरेंद्र कुमार केजरीवाल श्यामल चक्रवर्ती धीरेंद्र कुमार धीरज और नंदलाल एचयूएफ के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है गौरतलब है कि ईडी उनकी संपत्ति भी जब्त कर रहा है प्रदेश में डेंगू से मौत का सिलसिला जारी है राजधानी पटना के दुल्हिन बाजार के एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार और बिहटा की एक महिला की मौत डेंगू से हो गयी वहीं पीएमसीएच में डेंगू के उनतालीस नये मरीज पाये गये हैं जिनका इलाज किया जा रहा है इस प्रकार प्रदेश में अब तक लगभग नौ सौ चौबीस मरीजों में डेंग् की पुष्टि हो चुकी है डेंगू जांच के लिये बनाये गये नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि डेंगू के मरीज लगातार आ रहे हैं जिनकी जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि पटना गायघाट स्थित एसडीआरएफ टीम के दो जवानों में भी डेंगू मिले हैं जिन्हें उपचार के लिये नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है नीति आयोग ने एक मोबाइल एप विकसित कराया है जिससे यह जानकारी मिलेगी कि किस बीमारी के लिये कौन सी पैथोलॉजी जांच सही होगी आयोग के सदस्य बी के पॉल ने बताया कि इससे अस्पतालों की मनमानी रोकी जा सकेगी और लोगों को गैर जरूरी जांच नहीं कराना पड़ेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चलायी जा रही आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान भी इसी सूची के आधार पर किया जायेगा श्री पॉल ने कहा कि अगर किसी बीमारी के इलाज की गाइड लाइन में सिर्फ अल्ट्रासाउण्ड जांच की बात कही गयी है लेकिन अस्पताल ने मरीज का सीटी स्कैन कराया है तो सरकार उसका भुगतान नहीं करेगी पटना पुलिस लाइन में महिला सिपाही की मौत के बाद हंगामा और उपद्रव करने के मामले में चार प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिसमें एक सौ सड़सठ नामजद और तीन सौ पचास को अज्ञात आरोपी बनाया गया है जिनपर दंगा जानलेवा हमला मारपीट और तोड़फोड़ करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश के साझा सेवा केंद्र सीएससी रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने इन केंद्रों के साथ एक करार किया है जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है श्री प्रधान ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस के कनेक्शन और गैस सिलेंडर के वितरण की व्यवस्था और बेहतर होगी उन्होंने कहा कि सीएससी के जरिये पूरा लेन देन ऑनलाइन होगा गया जिले के ड्रमरिया प्रखंड के छकरबंधा थाना क्षेत्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलसीआरपीएफ और प्रतिबंधित संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद प्रलिस ने कई पिस्तौल दो केन बम कुछ कारतूस नक्सली साहित्य समेत कई आपत्तिजनक समान बरामद किया है वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना हैं जिनकी तलाश की जा रही है राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिये तीन सौ बानवे करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है इस राशि से छात्र छात्राओं के बीच ऋण का वितरण किया जायेगा यह राशि राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के माध्यम से वितरित की जायेगी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृति परीक्षा आज प्रदेशभर में आयोजित की जा रही है एससीआरटी की ओर से आयोजित इस परीक्षा में राज्यभर के एक सौ छब्बीस केंद्रों पर छप्पन हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं

राजधानी पटना के गंगा किनारे स्थित बाईस घाटों को जिला प्रशासन ने छठ के लिये खतरनाक घोषित किया है जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि कई घाटों पर पानी नहीं है और कुछ स्थानों पर कटाव ज्यादा है जिसके कारण इन्हें खतरनाक घोषित किया गया है छठ घाटों की देखरेख के लिये इक्कीस टीमें बनायी गयी है भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट और तकनीशियन की भर्ती के लिए ऑन लाइन परीक्षा के पहले चरण में पांच लाख से अधिक उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं रेल मंत्रालय ने बताया कि चौंसठ हजार तीन सौ इकहत्तर पदों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा इस वर्ष बारह से चौदह दिसंबर के बीच होगी पटना के उर्जा स्टेडियम में खेले गये सी के नायडू अंडर टवेंटी थ्री क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने अरूणाचल प्रदेश को एक पारी और एक सौ चौरासी रन से हरा दिया चार दिनों का यह मैच दो दिनों में ही खत्म हो गया उधर बीसीसीआई की अंडर नाईंटीन चैलेंजर ट्रॉफी के लिये घोषित चार टीमों में बिहार के तीन खिलाड़ियों पीयूष हर्ष और आकाश को शामिल किया गया है वहीं धनबाद में खेले गये विजय मर्चेट अंडर सिक्सटीन क्रिकेट मुकाबले में झारखण्ड ने बिहार को एक पारी और एक सौ सैंतालीस रनों से पराजित कर दिया भागलपुर में खेली जा रही राज्य स्तरीय अंडर सेवेंटीन स्कूली फुटबॉल के फाइनल में आज नवगछिया और पूर्णिया की टीमों की भिड़ंत होगी नवादा जिले के अकबरपुर थाना में उत्तर प्रदेश केएक संवेदक ने चौवालीस ट्रकों के गायब होने की प्राथमिकी दर्ज करायी है पुलिस मामले की जांच कर रही है समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर अंधैल पंचायत के एक मंदिर से चोरों ने अष्टधातु की दो मूर्तिया चुरा ली चोरी की गयी मूर्तियों की कीमत दस लाख रूपये आंकी गयी है दरभंगा जिले को सामाजिक समरसता और विधि व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिये राज्य में पहला स्थान मिला है जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले को पुरस्कार प्रदान किया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है राम मंदिर पर संघ के बाद संतों का दबाव दैनिक जागरण ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के तलाक मामले पर सुर्खी देते हुये लिखा है अपने पिता के लिये छपरा लोकसभा सीट का टिकट चाहती थीं ऐश्वर्या प्रभात खबर ने प्रदूषण के खबर पर लिखा है पटना की हवा लगातार हो रही गंदी अब भी नहीं दिख रही सुधार की कोई गुंजाइश दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को खबर बनाते हये सर्खी दी है एक चार्ज शीटेड जिनको एबीसी तक नहीं आती दूसरों पर लगा रहे आरोप अखबार ने केंद्र सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्वरूप बदलने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है राष्ट्रीय सहारा ने सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत के हवाले से लिखा है एक्शन में देरी तो बिगड़ जायेगी बात अखबार आज ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले को सुर्खी देते हुये लिखा है लड़की का कंकाल खोजने बूढ़ी गंडक में उतरी सीबीआई की टीम

प्रदेश में डेंगू से मौत का सिलसिल जारी दो और की गयी जान

एक सौ सड़सठ नामजद और तीन सौ पचास अज्ञात बनाये गये आरोपी